देहरादून शहर में बनाए गए अवैध निर्माणों को तय समय के भीतर ध्वस्त करने को कहा गया है

मंत्रिपरिषद बैठक प्रदेश में अब जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले संगठनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा राज्य मंत्रिमण्डल ने धार्मिक स्वतंत्रता नियमावली अधिनियम में संशोधन कर छल कपट से जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है देहराद्न में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आज यह निर्णय लिया गया कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए संसदीय मंत्री प्रकाश पन्त ने बताया कि राज्य पुलिस के आरक्षी और मुख्य आरक्षी संवर्ग की सेवा नियमावली स्वीकृत कर दी गई है

उन्होंने बताया कि राज्य में पैराग्लाइडिंग के लिए नियमावली को भी मंजूरी दी गई

वहीं गुंजी से सातवें और आठवें दल के सदस्यों को पिथौरागढ़ की नैनीसैनी हवाई पट्टी लाया गया

स्वच्छता पिथौरागढ़ जिले में लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं जिले के कुसौली गांव के सभी लोग स्वच्छता को लेकर न सिर्फ जागरुक है बल्कि गांव को साफ सुथरा रखने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं गांव को स्वच्छ रखने के लिए स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन सहित सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ेदान लगाये गये हैं

लेकिन यहां के ग्राम प्रधान रघ्वीर सिंह ने लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी दी आज जिले में जगह जगह पर कूड़ेदान लगाये गए हैं

शहीद जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों से मुकाबला करते हुए उत्तराखंड के दो जवान शहीद हो गए इनमें से एक जवान हमीर सिंह पोखरियाल ऋषिकेश के ग्मानीवाला के निवासी हैं जबकि मनदीप सिंह रावत कोटद्वार के शिवपुर गांव के निवासी हैं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भारतीय सेना के जवानों की शहादत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है उन्होंने कहा है कि सरकार शहीदों के परिजनों को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी अतिक्रमण देहरादून शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अवैध निर्माण को तय समय के भीतर ध्वस्त करने को कहा गया है अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि शहर में अवैध निर्माणों को हटाने का काम उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि अधिकारी मुख्य मार्गो सहित नगर निगम की सीमा में आने वाले सभी अवैध अतिक्रमणों को हटाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें उन्होंने अधिकारियों को सड़कों का चौड़ीकरण डामरीकरण और सौंदर्यीकरण करने को कहा उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों का समतलीकरण करने और बारिश के दौरान सड़को में हए गड़ढों को प्राथमिकता से भरने के निर्देश दिये अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के काम में प्रशासन को दून वासियों का पूरा सहयोग मिल रहा है

मुलाकात मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत नई दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर राज्य हित से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे देहरादून में आयोजित बैठक में राज्य हित से जुड़े मुख्य मुददे प्रधानमंत्री के समक्ष रखने पर विचार विमर्श किया गया मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मुलाकात में वह राज्य की विभिन्न योजनाओं की प्रगति प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे

बैठक में निर्णय लिया गया कि चारधाम यात्रा कुम्भ मेले और विभिन्न धार्मिक आयोजनों के समय राज्य में यातायात पर दबाव पड़ने की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाएगी और उनसे गंगा नदी पर जगजीतपुर के पास ढ़ाई किलोमीटर लंबा पुल बनवाने के संबंध में चर्चा की जाएगी

जलस्तर पिछले कुछ दिनों में हई बारिश के कारण ऋषिकेश के गौहरी माफी गांव में सौंग नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गये हैं

वहीं जिन घरों में पानी भर गया है उनकी क्षति का आंकलन किया जा रहा है

मौसम प्रदेश में आज मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला सुबह मौसम साफ रहने के बाद शाम के समय राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई राजधानी देहरादून में कई स्थानों पर शाम के समय मूसलाधार बारिश होने की खबर है इस बीच मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल हल्की बारिश होने की संभावना है हालांकि विभाग ने आगामी दस अगस्त को राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है निर्देश चमोली जिले के सभी नगर निकायों को अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के साथ ही विकास के नये प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है नगर निकायों में संचालित केन्द्र पोषित शहरी विकास योजनाओं की प्रगति समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्रों में विज्ञापन होर्डिंग पार्किंग शुल्क और अन्य स्रोतों के माध्यम से अच्छी आय अर्जित की जा सकती है इस आय से नगर पालिकांए अपने क्षेत्र में विकास के नये प्रोजेक्ट स्थापित कर सकती हैं जिलाधिकारी ने अधिकारियों को नगर पालिका क्षेत्रों में दुकान किराया लाइसेंन्स यूजर चार्जेज हाउस टैक्स की वसूली में भी तेजी लाने के निर्देश दिये उन्होंने जोर देते हुए कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत पॉलिथीन प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाये साथ ही संबंधित अधिकारियों को समय समय पर निकायों की प्रगति से अवगत कराने के निर्देश भी दिये संक्षिप्त समाचार प्रदेश में ऑडिट विभाग की वेबसाइट को लांच कर लेखा विभाग को डिजिटल बना दिया गया है अब राज्य के सभी जनपदीय लेखा परीक्षा कार्यालय ऑनलाइन हो जाएंगे

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से आज सचिवालय में एअर वाइस मार्शल ओपीतिवारी ने मुलाकात की